लखनऊ के सरोजनी नगर ब्लॉक के दाद्पुर गांव से किसानों के आर्थिक विकास के अभियान की शुरूआत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल्याणकारी नीतियों के कारण ही किसान समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाया है पिछले छ वर्षो में देश में किसानों के हित में जितना कार्य हआ है उतना सत्तर वर्षो में नही हआ प्रदेश सरकार राज्य के सभी आठ सौ पच्चीस विकास खण्डों में किसान कल्याण मिशन का आयोजन कर रही है इसके तहत हर ब्लॉक में किसानों को सम्मान के साथ उन्हें किसान उपहार योजना का लाभ दिया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद कार्य को पूरी सक्रियता के साथ संचालित करने के निर्देश दिये हैं श्री योगी ने आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा करते हुये कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य समय से पूर्ण करा लिये जाएं कार्य पूरा करने के लिये निर्धारित टाइमलाइन के अनुरूप कार्यवाही की जाय मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यो की ग्णवत्ता पर विशेष जोर दिया है उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह नियमित रूप से निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करें श्री योगी ने एस्सप्रेस वे हाइवे और मेडिकल कॉलेज आदि के निर्माण से जुड़ी परियोजनाओं का कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि यह सुनिरियत किया जाय कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो उन्होंने धान खरीद कार्य की नियमित समीक्षा किये जाने के निर्देश भी दिये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्यारह जनवरी को कोरोना टीकाकरण के सम्बन्ध में फिर से ड्राई रन आयोजित कर टीकाकरण कार्य की तैयारियों की गहन समीक्षा के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि कोविड नाइन्टीन टीकाकरण का कार्य केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार किया जायेगा मुख्यमंत्री आज लखनऊ रिथत अपने आवास पर अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने बताया कि कोविड नाइन्टीन टीकाकरण के प्रथम चरण के टारगेट ग्र्प का डाटा फीड हो गया है दूसरे चरण के टारगेट ग्र्प के डाटा फीडिंग की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कर जा रही है श्री योगी ने कहा कि कोविड नाइन्टीन से बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था बनाये रखी जाय यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कोविड चिकित्सालयों में औषधियों मेडिकल उपकरणों तथा आक्सीजन की उपलब्धता बनी हुयी है उन्होंने कोविड नाइन्टीन के टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिये हैं केन्द्र ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण के बारे में अंतिम निर्णय सरकार करेगी स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि करनाल मुंबई चेन्नई और कोलकाता में चार प्राथमिक वैक्सीन स्टोर और देश में सैंतीस वैक्सीन स्टोर हैं वे थोक में टीकों का भंडारण करते हैं और आगे वितरित करते हैं देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छानबे दशमलव तीन छह प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान क्ल इक्कीस हजार तीन सौ चौदह मरीज ठीक हए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की क्ल संख्या बढ़कर निन्यानबे लाख सत्तानबे हजार दो सौ बहत्तर हो गई है संक्रमण के शिकार कुल लोगों में अब केवल दो दशमलव एक नौ प्रतिशत रोगियों का उपचार हो रहा है फिलहाल देश में करीब दो लाख सत्ताईस हजार मरीज हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान अट्ठारह हजार अट्ठासी नये रोगियों की पुष्टि हुई है देश में संक्रमित मामलों की कुल संख्या एक करोड़ तीन लाख चौहत्तर हजार से अधिक है मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है जो विश्व में न्यूनतम दरों में है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ चौंसठ लोगों की मौत की खबर है एक लाख पचास हजार एक सौ चौदह लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान नौ लाख इकतालिस हजार से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मानदेय में वृद्धि का लम्बे समय से इंतजार किया जा रहा था और यह बढ़ोत्तरी दस साल बाद हई है इस निर्णय के अनुसार अब मेडिकल के इन छात्रों को साढे सात हजार रूपये के स्थान पर बारह हजार रूपये प्रतिमाह इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा